निर्वाचन आयोग निवार्चन आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने उम्मीदवारों और नेताओं को सलाह दें कि वे अपने चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापनों में रक्षाकर्मियों के चित्रों का इस्तेमाल नहीं करें आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का कोई उल्लेख करते हुये में पूरी सावधानी बरतें प्याज प्रोत्साहन योजना प्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्याज प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है

उधर राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे एक साथ सारा प्याज बाजार में बेंचने के लिये नहीं लायें किसान फसल आवक के समय जितने पैसे की उस समय आवश्यकता हो उस मान से ही प्याज का विक्रय करें उन्होंने कहा कि इन उपायों से मंडी में प्याज के भाव नहीं गिरेंगे और किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा मुख्यमंत्री रोजगार मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि रोजगार निर्माण करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है मध्यप्रदेश में सरकार निवेश को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास कर रही है निवेश से रोजगार बढ़ेगा मुख्यमंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ के उद्योग प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में बौद्धिक क्षमताओं और उद्यमशील स्वभाव वाली प्रतिभाएं भरपूर हैं इन्हें अनुकूल वातावरण और अवसर मिलने चाहिये मध्यप्रदेश में अवसरों के साथ अनेक चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान सरकार कर रही है बैठक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों की बैठक का आज ग्वालियर में समापन हो गया इस तीन दिवसीय बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आज पत्रकारवार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और संघ के सह कार्यवाह ने बताया कि वृक्षारोपण को देशभर में बड़े आंदोलन के रूप में चलाया जायेगा बैठक में आगामी लोकसभा च्नाव अयोध्या में राममंदिर सबरीमाला मंदिर सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया राज्यपाल प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि छात्रों में नेतृत्व विकास के लिये उन्हें औद्योगिक प्रष्ठानों का भी भ्रमण कराया जाए उन्होंने कहा कि नेतृत्व विकास के लिये चलने वाले शिविरों में सांस्कृतिक और व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों को शामिल किया जाये राज्यपाल ने सुझाव दिया कि राजभवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का संचालन शिविर के प्रतिभागी बच्चों से ही कराया जाये

साथ ही गरीबों को घर बनाने के लिये आर्थिक सहायता भी दी जायेगी

दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ